कंपनी को तीसरे चरण का परीक्षण करने से पहले डाटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किये गये सुरक्षा आंकडों को सीडीएससीओ को देना होगा

उन्होंने कहा कि पीएम किसान और ई नाम जैसे कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं श्री चौधरी ने कहा कि उत्पादन से लेकर विपणन तक सरकार हर बिन्दु पर जोर दे रही है

यह कार्यकम कृषि मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है इस योजना से कृषक समुदाय में अंधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है और उन्हें बाजार की उन ताकतों के शोषण से बचने का मजबूत आधार मिला है जो किसानों को उपज का नुकसान पहुंचाती थीं केन्द्र शासित प्रदेश के किसानों के हित में यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए कश्मीर में सेब उत्पादकों ने केन्द्र सरकार विशेष रूप से केन्द्रीय कृषि मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है

इस अवसर पर बहनें अपने भाईयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है वहीं भाइयों द्वारा बहनों को उपहार दिए जाते हैं

राज्य सरकार ने इस मौके पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है ये सुविधा प्रदेश की सीमा में यात्रा करने पर ही मिलेगी जयपुर की लो फलोर बसों में भी ये सुविधा मिल रही है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने आमेर के चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों का रक्षा सूत्र बांधकर तथा मास्क और सैनेटाइजर भेंट कर अभिनंदन किया

इस अवसर पर आज सुबह आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम बहुजन भाषा संस्कृत भाषा का प्रसारण किया गया

राजधानी जयपुर में सुबह से ही रूक रूक कर वर्षा का दौर चलता रहा वहीं दौसा जिले में भी अच्छी बारिश के समाचार है जिले के लालसोट उपखंड के क्टक्या एनीकट पर चादर चल गई है

करौली और सवाई माघोपूर जिलों में भी अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं